प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पुर्तगाल के राष्ट्रपति मार्सेलो रेबेलो डि सूजा से आज नई दिल्ली में बातचीत की दोनों नेताओं ने व्यापार और निवेश सहित विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंध बढ़ाने पर व्यापक विचार विमर्श किया श्री डिसूजा चार दिन की भारत यात्रा पर कल रात नई दिल्ली पहुंचे यह उनकी पहली भारत यात्रा है आज सुबह राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में श्री डिसूजा का पारम्परिक स्वागत किया गया

पुर्तगाल के राष्ट्रपति के साथ वहां के विदेश मंत्री प्रोफेसर अगस्तो सान्तोस सिल्वा और विदेश राज्यमंत्री प्रोफेसर युरिको ब्रिलहांत डायस और राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री जोरगे सेगुरो सांचेज भी आये हैं पुर्तगाल के राष्ट्रपति महाराष्ट्र और गोवा भो जाएंगे राष्ट्र आज पुलवामा आतंकी हमले के शहीदों को याद कर रहा है पिछले साल आज ही के दिन जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में एक आतंकी हमले में केन्द्रीय रिज़र्व पुलिस बल के चालीस जवान शहीद हो गये थे पुलवामा हमले की पहली बरसी पर आज राष्टपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शहीदों को श्रद्वांजलि अर्पित की श्री कोविंद ने एक ट्वीट में कहा कि कृतज्ञ राष्ट्र पिछले वर्ष पुलवामा में आतंकी हमले में अपने प्राणों का बलिदान करने वाले बहादुर जवानों को नमन करता है उन्होंने कहा कि भारत हर प्रकार के आतंकवाद के खात्मे के लिए द्रढ़ संकल्प है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि शहीद जवान असाधारण व्यक्तित्व के थे जिन्होंने देश की सेवा और सुरक्षा में अपने प्राणों का बलिदान किया उन्होंने कहा कि राष्ट्र उनके बलिदान को हमेशा याद रखेगा बाइट प्रलवामा के आतंकी हमले में शहीद जवानों को आदरपूर्वक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं उन्होंने देश की सेवा करते हुए अपने प्राण न्यौछावर किए हैं इस हमले की वजह से देश में जितना आक्रोश है ये मैं भली भांति समझ पा रहा हूं सरकार ने स्पष्ट किया है कि देश में रसोई गैस की कीमतें अंतर्राष्ट्रीय बाजार के अनुरूप तय की जाती हैं और वर्तमान में इसमें हुई बढोत्तरी भी इसी कारण से है

इस कारण रसोई गैस के सब्सिडी प्राप्त उपभोक्ताओं पर अंतर्राष्ट्रीय कीमतों के बढ़ने का कोई असर नहीं पड़ेगा केन्द्र सरकार के एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान का उद्देश्य राष्ट्र निर्माण में लोगों को जोड़कर तथा सामान्य दृष्टिकोण अपनाकर विभिन्न क्षेत्रों के लोगा के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान स्थापित करना है इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश को अरुणाचल प्रदेश और मेघालय के साथ सांस्कृतिक आदान प्रदान के लिए जोड़ा गया है हमारे संवाददाता ने बताया है कि उत्तर प्रदेश के युवा ईटानगर जाकर वहां सांस्कृतिक गतिविधियों म हिस्सा लेंगे

आकाशवाणी के साथ बातचीत करते हुए नेहरू युवा केंद्र के राज्य निदेशक मनोज समाधिया ने बताया इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के साथ साथ अरूणाचल प्रदेश और मेघालय का एम ओ यू हुआ है

इस कार्यक्रम के माध्यम से जो राष्ट्रीय एकता है वो और ज्यादा प्रगाढ़ होगी और एक भारत श्रेष्ठ भारत का जो हमारा एक संकल्प है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल का वो साकार होगा

सुशील चन्द्र तिवारी आकाशवाणी समाचार लखनऊ

प्रदेश विधानमंडल के बजट सत्र के दूसरे दिन आज दोनों सदनों में विपक्षी सदस्यों ने सीएए एनआरसी और क़ानून व्यवस्था के मुद्दे पर हंगामा और नारेबाजी की विधानसभा में विपक्षी सदस्यों के हंगामे के चलते सदन की कार्यवाही तीस मिनट के लिए स्थगित कर दी गयी स्थगन के बाद जैसे ही सदन की कार्यवाही शुरू हुई विधानसभा में सपा बसपा और कांग्रेस के सदस्यों ने सीएए और एनआरसी के विरोध में हुए प्रदर्शनों के दौरान पुलिस की कार्रवाई और उसमें मारे गये लोगों का मुद्दा उठाया सदन में नेता प्रतिपक्ष सपा के रामगोविन्द चौधरी ने कहा कि उनकी पार्टी का इस मुददे पर शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन था लेकिन सरकार ने आन्दोलन को दबाने के लिए प्रदर्शनकारियों पर पुलिस बल का इस्तेमाल किया वहीं बसपा विधायक दल के नेता लालजी वर्मा ने कहा कि पुलिस ने नये नागरिकता क़ानून के ख़िलाफ़ प्रदर्शन कर रहे लोगों पर बर्बरतापूर्ण तरीके से लाठीचार्ज किया कांग्रेस की सदस्य आराधना मिश्रा मोना ने इसी मुद्दे पर सरकार को घेरते हुए कहा कि सीएए और एनआरसी क विरोध में जेलों में बंद निर्दोष लोगों को रिहा किया जाये तथा दोषी पुलिसकर्मियों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाये विधानसभा में विपक्ष के आरोपों का जवाब देते हुए संसदीय कार्यमंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने कहा कि प्रदेश में क़ानून व्यवस्था पूरी तरह नियंत्रण में है

उन्होंने कहा कि नया नागरिकता क़ानून किसी के खिलाफ नहीं है संशोधित नागरिकता कानून के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान हुई पुलिस कार्रवाई का बचाव करते हुए श्री खन्ना ने कहा कि राज्य के आठ ज़िलों में आगजनी की गयी और सरकारी सम्पत्ति को नुकसान पहुंचाया गया वहीं साठ से अधिक पुलिसकर्मियों को चोटें आयीं ऐसी स्थिति में पुलिस हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठ सकती उन्होंने कहा कि प्रदर्शन के दौरान जो भी लोग मारे गये वे आपस की हिंसक कार्रवाई में मारे गये न कि पुलिस की गोली से संसदीय कार्यमंत्री के जवाब से असंतुष्ट विपक्षी सदस्यों ने एनआरसी और सीएए के विरोध में हुए प्रदर्शनों में हिंसा की जांच कराये जाने की मांग को लेकर सदन से वाकआऊट कर दिया आज से ही सदन में राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा शुरू हुइ

विधानसभा की कार्यवाही सत्रह फरवरी सोमवार ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित कर दी गयी उधर विधान परिषद में भी नागरिकता संशोधन क़ानून और एनआरसी के मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्यों में तीखी नोकझोक हुई विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष सपा के अहमद हसन ने राजनीतिक दलों के नेताओं पर फर्जी मुकदमें दर्ज करने का आरोप लगाया वहीं बसपा और कांग्रेस के सदस्यों ने प्रदेश में सीएए और एआरसी के विरोध में धरने पर बैठी महिलाओं बुजुर्गो और बच्चों का मामला उठाया इस मुद्दे पर सत्तापक्ष के मंत्री महेन्द्र सिंह और मोहसिन रजा तथा सदस्यों में तीखी नोकझोक हुई इस पर नेता सदन डॉक्टर दिनेश शर्मा ने कहा कि अगर कोई भी क़ानून के ख़िलाफ़ काम करेगा तो उस पर कार्रवाई होगी लेकिन शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन करने वालों पर कोई कार्रवाई नहीं होगी सदन में किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य दिलाये जाने का मामला भी उठाया गया इस पर कृषिमंत्री सूर्यप्रताप शाही ने कहा कि सरकार किसानों के प्रति पूरी संवेदनशील है इसके बाद सदन में अन्य जरूरी कामकाज निपटाये गये राज्यपाल के अभिभाषण पर भाजपा के केदारनाथ सिंह ने धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया बाद में विधानसभा की कार्यवाही को सोमवार ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया

श्री मौर्य ने निर्माण कार्यो में मानक और गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखने के अधिकारियों को निर्देश दिये लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक में कल उपमुख्यमंत्री ने युवा सिविल इंजीनियरों का दस लाख रूपये तक के ठेके देने की कार्रवाई सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिये उन्होंने ठेकों में पिछड़े व सामान्य वर्ग के ग़रीबों आर एससीएसटी के लोगों को आरक्षण देने का प्रावधान जल्द से जल्द सुनिश्चित करने को भी कहा